प्रधानमंत्री यहां कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही श्रीनगर में असम गुजरात हरियाणा ओडिशा महाराष्ट्र और तेलंगाना के विद्यार्थियों के साथ भी संवाद करेंगे कमलनाथ मुख्यमंत्री कमल नाथ ने हाल ही में रतलाम जिले में जावरा स्थित बालिका गृह की छात्राओं के साथ हुई ज्यादती की घटना को गंभीरता से लिया है श्री नाथ ने सभी सरकारी और निजी बालिका गृह छात्रावास बालिका सुधार गृह की सतत निगरानी और निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्व में भोपाल ग्वालियर और हाल ही में रतलाम के जावरा में रहने वाली मूक बधिर और निराश्रित बालिकाओं के साथ दरिंदगी की घटनाओं की जानकारी सामने आयी हैं सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर सख्ती से पेश आयेगी इसके लिये जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी उन्होंने कहा कि इन आश्रम गृहों में राजनैतिक दखलंदाजी को बंद किया जायेगा और इनमें रह रही बेटियों से नियमित संवाद की व्यवस्था कायम की जायेगी ताकि समय रहते घटनाओं पर रोक लगाई जा सके कुंभ मेला प्रयागराज कुंभ मेले में कल मौनी अमावस्या के अवसर पर तीसरा मुख्य शाही रनान होगा यहां बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं के आने की संभावना को देखते हुए प्रयागराज मेला प्राधिकरण पुलिस और रेलवे ने व्यापक प्रबंध किये हैं

वहीं मध्यप्रदेश से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत साढ़े तीन हजार से अधिक तीर्थयात्रियों को पहली बार शासन की ओर से कृंभ भेजा जायेगा

भाजपा अभियान भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव लेने आज से एक महीने का अभियान शुरू कर दिया है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी दिल्ली में अभियान की शुरूआत की इस अभियान को भारत के मन की बात मोदी के साथ नाम दिया गया है जय किसान फसल योजना मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के लिये जिलों में स्थापित कंट्रोल रूम को निरंतर सक्रिय रखने के निर्देश दिये हैं मुख्य सचिव ने कल भोपाल में कलेक्टरों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्हें निर्देश दिये कि वे ऋण माफी योजना का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित कराये और इसके लिये कृषि सहकारिता और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहें इस बैठक में अपर मुख्य सचिव पशुपालन मनोज श्रीवास्तव ने प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम तीन गौ शालाएं आरम्भ करने के संबंध में जानकारी दी और इसके लिये तत्काल भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिये प्रमुख सचिव गृह मलय श्रीवास्तव ने इस बैठक में जनहित में वापस लिये जाने वाले आपराधिक मामलों के संबंध में शासन की नीति से कलेक्टरों को अवगत कराया दुकान निरीक्षण राज्य शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कसावट लाने के लिये उचित मूल्य दुकानों का निरन्तर निरीक्षण करने के निर्देश दिये इस बारे में जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि वे दुकानों के निरीक्षण का रजिस्टर इस प्रकार तैयार करें कि सप्ताह में एक बार उचित मूल्य द्वकानों का निरीक्षण अवश्य किया जाये कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें की प्रति सप्ताह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा हो निरीक्षण में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये

समारोह में वरिष्ठ पत्रकार अरूण तिवारी सहित कई पत्रकारों और साहित्यकारों को सम्मानित किया गया